प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरूआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत की

श्री मोदी ने कहा कि अगले चार पांच वर्ष में इन योजनाओं पर देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है बाइट मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है लक्ष्य यह भी है कि आने वाले तीन चार साल में मछली निर्यात को दोगुना किया जाए इससे सिर्फ फिशरिश सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गोपाल ऐप से मवेशी मालिकों को उत्पादकता स्वास्थ्य और चारा से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की इस बैठक में अयोध्या चित्रकूट और सोनभद्र के म्योरपुर एयरपोर्ट के विकास कार्यो और अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में चर्चा की गई

मुख्यमंत्री ने बरेली हिंडन सहारनपुर मेरठ लखनऊ और वाराणसी में एयरपोर्ट संबंधी विकास कार्यो का भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पांच रफाल लडाकू विमानों की पहली खेप आज अम्बाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल की इस अवसर पर परम्परागत सर्वधर्म पूजा की गई इस दौरान फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी उपस्थित थीं

इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल सौदा देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ा रूख अपनाते हुए प्रयागराज के निलम्बित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित और महोबा के निलम्बित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की सम्पत्तिया की जांच विजिलेंस के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये हैं गृह विभाग के प्रवक्ता के अनुसार शासन द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को अपेक्षित कार्रवाई के निर्देश भेज दिये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी कार्रवाई के क्रम में आज शाहजहांपुर उप संभागीय परिवहन कार्यालय पर छापा मारा गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर और गाजीपुर सहित कई अन्य जनपदों में क्छ ग्राम पंचायतों में पल्स आक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मुल्य से अधिक दर पर खरीद करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिये एसआईटी के गठन के निर्देश दिये हैं सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार को टीम का अध्यक्ष बनाया गया है सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित गुप्ता और सचिव नगर विकास तथा जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोठलवाल को इस कमेटी में सदस्य नामित किया गया है

गौरतलब है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पल्स ऑक्सोमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनेटाइजर की खरीद करने के निर्देश दिये गये थे जनपद सुल्तानपुर और गाजीपुर के साथ कुछ अन्य जनपदों में पंचायतों में बाजार मूल्य से अधिक दर पर इन उपकरणों की खरीद की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थी

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज लखनऊ कानपुर नगर और गोरखप्र पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कुंभ के समय निर्मित किये गये इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्राल सेन्टर को कोविड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर के तौर पर संचालित किया जाये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इससे काफी लाभ मिल रहा है और वे प्रदेश में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रही है एक रिपोर्ट जनपद हमीरपर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिये जिला प्रशासन के सहयोग से महिला समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों कठिया गेंहूँ का दलिया चने का बेसन मूंग की दाल के बने पापड़ को बेंचने का समझौता कराकर महिला समूहों को मजबूत बनाने की पहल का शुभारंभ किया गया इस बारे में सुमेरपुर के खण्ड विकास अधिकारी अभिमन्यु सेठ कहते हैं जितनी स्वयं सहायता ग्रुप है उनमें जो कि जैसे कुछ लोग हमारे बेसन बना रहे है कुछ लोग दलिया बना रहे है कुछ लोग मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं उसमें यह पाया गया कि उस प्रोडक्ट में कोई लेवलिंग नहीं है इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है जिसके कारण इनका जो मार्केट है उतना मार्केट मिल नहीं पा रहा है उनके जो प्रोडेक्ट है उसमें लेवलिंग कराई जायेगी जिससे की उसकी एक पहचान बनेंगी एवं उनकी बिक्री हो सकें

हमारे द्वारा बनाये गये दलिया पापड़ की बिक्री समय पर हो जाएगी और पैसा मिल जायेगा तो हम छोटी सी बचत के सहारे आत्मनिर्भर बनेगी जिला प्रशासन के समूह की महिलाओं की जहां आर्थिक स्थिति सुद्रढ होगी वहीं बुन्देलखण्ड का मशहूर दलिया बेसन पापड़ खिलौने बिग बाजारों में धूम मचाएंगे